बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है अठाईस नवम्बर तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल पांच बैठकें होंगी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और विधान परिषद् के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद ने सत्र के शांतिपूर्ण और सुचारू संचालन को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों से सहयोग की अपील की है इधर विपक्ष ने कहा है कि कानून व्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन में सरकार को घेरा जायेगा संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि विपक्ष लोकहित के जो भी मुद्दे उठायेगा सरकार सदन में उसका जवाब देगी पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले छह दिनों से जारी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल आज समाप्त हो गयी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के साथ जूनियर डॉक्टरों की सकारात्मक बातचीत के बाद डॉक्टरों ने काम पर वापस आने का निर्णय किया है हड़ताल समाप्ति की घोषणा के बाद अस्पताल की ओपीडी और इमरजेंसी सेवा चालू हो जाने से लोगों को राहत मिली है गौरतलब है कि एक बच्चे की मौत से आक्रोशित परिजनों द्वारा कथित मारपीट के बाद जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर थे केन्द्र सरकार ने कहा है कि लेटरल एंट्री यानी किसी संवर्ग में अलग से भरे जाने वाले पदों पर आरक्षण नीति लागू करना व्यावहारिक नहीं है लोक शिकायत राज्यमंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने राज्यसभा में एक प्रक प्रश्न के जवाब में बताया कि हाल में संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर आठ उम्मीदवारों को लेटरल एंट्री के जरिये संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है उन्होंने कहा कि इस तरह के सभी चयन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किए जाते हैं पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर रेल मंडल ने रेलवे स्टेशन परिसरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिये हरित कचरे से जैविक खाद बनाने की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है हमारे संवाददाता ने बताया कि पांच स्टेशनों पर कचरे को खाद में बदलने की मशीनें लगाई गयी हैं

साउंड बाईट इसमें फलों के छिलके सब्जियों के छिलके बचे हये खाने रात के या दिन के उसको डालकर पत्ते से चौबीस घंटे में मशीन के द्वारा प्रोसेस कर जैविक खाद तैयार किया जाता है मशीन की कैपेसिटी डेढ़ सौ केजी की है

इन रीसाइक्लिंग मशीनों से बनी जैविक खाद का उपयोग रेलवे नर्सरी में किया जायेगा साथ ही इच्छक किसान भी इसे सस्ती दर पर खरीद सकते हैं इस से जहां एक तरफ मंडल के रेल परिक्षेत्र साफ सुथरे रहेंगे वहीं रसायनिक खाद का उपयोग भी कम होगा आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से कुष्ण कुमार केन्द्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज लोकसभा में कहा कि पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट सही दिशा में है और एक महीने में इस प्रोजेक्ट के लिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक की नियुक्ति कर दी जायेगी श्री पुरी प्रश्नकाल के दौरान जदयू सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के सवाल का जवाब दे रहे थे उन्होंने कहा कि पटना मेट्रो के लिये केन्द्र सरकार की तरफ से पचास करोड़ रूपये की राशि जारी की जा चुकी है देश में अगले महीने की दो तारीख से सशक्त मिशन इन्द्रधनुष आईएमआई दू प्वाइंट जीरो लागू किया जायेगा नये रूप में इस मिशन के तहत बिहार और उत्तर प्रदेश के छह सौ बावन प्रखंडों में संपूर्ण टीकाकरण तेज गति से चलाया जायेगा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मिशन को लागू करने की तैयारियों के बारे में आज राज्यों के साथ विचार विमर्श किया इसके तहत देश के सताईस राज्यों के दो सौ बहत्तर जिलों में संपूर्ण टीकाकरण अभियान चलाया जायेगा झारखंड उच्च न्यायालय चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर कल सुनवाई करेगा लालू यादव की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर ली गई है वैशाली जिला समाहरणालय के मुख्य द्वार पर बम से हमला करने का धमकी भरा संदिग्ध पर्चा मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गयी हैं हाजीपुर मुख्यालय के साथ ही हरिहर क्षेत्र में चल रहे सोनपुर मेले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गयी है हर आने जाने वाले की कड़ाई से जांच की जा रही है साथ ही सभी संदिग्ध लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है पटना सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अधिकतम तापमान में गिरावट होने से धीरे धीरे ठंड में बढ़ोतरी हो रही है रात में कई स्थानों पर हल्का कोहरा भी छाने लगा है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज पटना का अधिकतम तापमान सताईस दशमलव छह डिग्री गया का सताईस दशमलव आठ डिग्री भागलपुर और पूर्णिया का अठाईस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया बक्सर जिले के चरित्रवन में अध्यात्म और पौराणिक महत्व का पंचकोशी परिक्रमा मेला आज संपन्न हो गया हमारे संवाददाता ने बताया कि कि गंगा नदी के किनारे चरित्रवन घाट पर श्रद्धालुओं ने स्नान किया और पूजा अर्चना के बाद लिट्टी चोखा का प्रसाद ग्रहण किया

ऐसी मान्यता है कि पंचकोशी मेले को अंतिम दिन भगवान श्रीराम ने लिट्टी चोखा का प्रसाद ग्रहण किया था तब से हर वर्ष पांच दिनों के इस कार्यक्रम के अंतिम दिन लिट्टी चोखा का प्रसाद खाने और खिलाने की अनूठी परंपरा चली आ रही है इस अवसर पर जगह जगह पर मैत्री भोज का आयोजन किया गया जिसमें बडी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया आकाशवाणी समाचार के लिए बक्सर से शशांक शेखर राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में अब बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिये हाजिरी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है गृह विभाग ने विभागीय कार्यालयों को पत्र लिखकर बायोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम लगाने का निर्देश दिया है विभाग द्वारा जारी निर्देश में बताया गया है कि इसके लिये मुख्यमंत्री की सैद्धांतिक अनुमति प्राप्त हो चुकी है इस संबंध में गृह विभाग को पूरे राज्य में नोडल विभाग और बेल्ट्रॉन को नोडल एजेंसी के रूप में जिम्मेदारी दी गयी है बिहार अश्वारोही सैन्य पूलिस ने अपने स्थापना के सौ वर्ष पूरे कर लिये हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज आरा में इस विशिष्ट सैन्य पुलिस के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को बनाये रखने में अश्वारोही सैन्य पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है दरभंगा के इंजीनियरिंग कॉलेज में सीनियर छात्रों द्वारा तीन छात्राओं के साथ रैंगिंग का मामला सामने आया है इसके विरोध में छात्राओं ने कॉलेज में तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन किया इधर कॉलेज प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी छात्रों को तीन दिनों के लिये कॉलेज से निष्कासित कर दिया है सिटी एसपी योगेन्द्र कुमार ने कहा है कि पुलिस इस घटना को रैंगिंग का मामला मानते हुए जांच पड़ताल कर रही है ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने नवादा के ब्रधौली बस स्टैंड के पास तीन करोड़ अठहत्तर लाख रूपये की लागत से बनने वाले परिवहन भवन का शिलान्यास किया इस अवसर पर आयोजित एक समारोह में श्री कुमार ने कहा कि यह भवन आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस होगा जिससे आम नागरिकों को फायदा मिलेगा दरभंगा के कैदी वार्ड से एक कैदी के फरार होने के मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक ने बेंता ओपी अध्यक्ष अमित कुमार से स्पष्टीकरण मांगते हुए तीन सिपाहियों को निलंबित कर दिया है इस बीच फरार कैदी ने कल अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया अरवल जिले के करपी थाना क्षेत्र के बैरबीघा गांव में बिजली के हाईटेंशन तार की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गयी पूर्वी चंपारण जिले के चकिया थाना क्षेत्र से एसटीएफ ने कुख्यात नक्सली श्याम बाबू राम को गिरफ्तार कर लिया

और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल से हो रहा है शुरू